राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से कोरोना कर्फ्यू के दौरान सहयोग की अपील की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए निर्देश परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने प्राईवेट बस ऑपरेटर युनियन से अपनी हड़ताल खत्म करने का किया आग्रह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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के मकसद से लगाए जा रहे इस कर्फ्यू के दौरान सभी सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश सरकार के कोरोना कर्फ्यू संबंधी निणर्य को उचित करार देते हुए प्रदेशवासियों से इस दौरान सहयोग की अपील की है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रदेशवासियों की सुरक्षा के मददेनजर लिया गया है राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी की पहली लहर को भी लॉकडाउन लगाकर ही लोगों के सहयोग से काबू किया गया था उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाया है और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है राज्यपाल ने लोगों से वैक्सीन लगाने का आग्रह भी किया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वे शिमला से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रकियाओं का भी कड़ाई से पालन करना होगा जयराम ठाकुर ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के अलावा कमजोर वर्गो के लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करना भी सरकार का उत्तरदायित्व है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में है और केवल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए सिलेंडरों की जरूरत है जिसकी कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है उन्होंने कहा कि कोरोना जांच की रिपोर्ट तैयार करने में समय को कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को होम आईसोलेशन और अस्पतालों के मध्य समन्वय स्थापित करने के अलावा सभी जिलों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने और कोविड जांच में तेजी लाने के निर्देश भी दिए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के अलावा मुख्य सचिव अनिल खाची व अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे

नियंत्रण कक्ष प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सा ऑक्सीजन की निगरानी व भंडारण के लिए ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये कक्ष प्रदेश में उपलब्ध ऑक्सीजन का उचित उपयोग करने में सहायक सिद्ध होगा नियंत्रण कक्ष द्वारा ऑक्सीजन की कमी होने पर शीघ्र कार्रवाई की जा सकेगी

इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस बुरे दौर में मदद के लिए जो भी हाथ आगे बढ़ रहे हैं वही इन्सानियत की सच्ची तस्वीर है अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन ऑक्सीजन कन्सट्रेटर के पहुंचने से विभिन्न राज्यों में कोरोना मरीजों को मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीन जिलों में पीएसए ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है और विशेषज्ञों ने इसके लिए सर्वेक्षण कार्य भी पूरा कर लिया है बिकम सिंह परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने प्रदेश प्राईवेट बस ऑपरेटर युनियन से अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की है ताकि कोरोना के इस बुरे दौर में आम जनता को असुविधा न हो

बिकम सिंह ने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों के पूंजी व टैक्स मांफी के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है परिवहन मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की इस चुनौती से निपटने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे ताकि इस पर विजय हासिल की जा सके वीरेन्द कंवर पंचायतीराज व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिले के बंगाणा में एक बैठक के दौरान अधिकारियों को एक साल पांच काम अभियान को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इसके तहत पंचायत में एक वर्ष की अवधि के भीतर पांच बडे कार्य पूरे किए जाने चाहिए कंवर ने कहा कि इस अभियान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा

हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सरकार से गरीब व मजदूर वर्ग को राहत पैकेज देने की भी मांग की

उन्होंने प्रदेश सरकार को कोरोना कफ्यू की शब्दावली में सुधार करने का सुझाव भी दिया है राठौर ने केंद्र सरकार पर भी कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया ऑक्सीजन सिलेंडर कुल्लू जिले के गैस एजेंसी मालिकों ने आज कुल्लू अस्पताल को सौ ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए इसके अलावा कुल्लू शहर के व्यापारियों ने अस्पताल में उपचाराधीन कोरोना मरीजों के मनोरंजन के लिए चार एलईडी भी भेंट किए इन सभी ने भविष्य में भी जरूरत के मुताबिक इस तरह की मदद करने की बात कही है

इसमें प्रदेश के अनेक कॉलेजों के प्रधानाचायों अध्यापकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एमडी पारूल शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना और टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है